प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पंद्रह सौ से अधिक अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर ऐतिहासिक कदम उठाया है प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए हैं ट्रांसजेंडर पर्ससन के अधिकारों से जुड़ा कानून हो तीन तलाक के खिलाफ कानून हो या फिर दिव्यांगजनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था में बदलाव का आधार कानून का शासन ही है श्री मोदी ने कहा कि कानून सर्वोच्च है और देशवासियों का न्यायपालिका में अटूट विश्वास है

हमारे यहां कहा गया है कि क्षत्रीय क्षत्रम यत धर्मा यानि लॉ इज द किंग्स ऑफ किंग्स लॉ इज सुप्रीम हजारों वर्षो से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर अगाध आस्था है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

हमनें इन मूल आदशों को यथावत बनाए रखने के लिए न केवल एक संस्थान के रूप में बल्कि नागरिक के रूप में प्रयास किया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एनडीए बिहार विधान सभा का आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्ररी ताकत से लड़ेगा श्री नड्डा आज पटना स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित रहे थे उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आहवान करते हये कहा कि सभी को मिलकर एनडीए सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाना है श्री नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है जिससे प्रदेश में हजारों करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं पर काम हुआ है भाजपा अध्यक्ष ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर सीवान गोपालगंज अरवल सहित प्रदेश के ग्यारह जिलों में भाजपा के नये कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया श्री नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है इस याचिका में विनय ने खुद को मानसिक रोगी बताते हुये चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी गौरतलब है कि इस मामले में चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी दिये जाने का फरमान अदालत ने जारी किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्ररदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी द्रदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा है कि महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर कोई संकट नहीं है कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में श्री अनवर ने कहा कि महागठबंधन में विभिन्न मसलों को आपसी समझ के जरिये सुलझा लिया जायेगा जमुई जिला पुलिस ने कुख्यात नक्सली सिद्धो कोड़ा और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है सिद्दो कोड़ा पर पुलिस ने एक लाख रूपये का इनाम रखा था पकड़े गये नक्सलियों के पास से एक एके सैंतालीस राइफल और एक इंसास राइफल बरामद की गयी है पुलिस गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ कर रही है देश के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया ओडिशा के कटक में आयोजित रंगारंग समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक जानी मानी हस्तियां और खिलाड़ी शामिल हुये अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खेल आयोजन भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र को नया स्वरूप प्रदान करेगा और नई दिशा देगा

प्रयास ये है कि पढाई के साथ साथ खेल भी बढ़े और फिटनेस का लेवल भी ऊंचा हो

गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय स्तर पर भारत की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें देश भर के एक सौ उनसठ विश्वविद्यालयों के साढ़े तीन हजार से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इस दौरान तीरंदाजी एथलेटिक्स मुक्केबाजी तलवारबाजी जूडो तैराकी भारत्तोलन कुश्ती बैडमिंटन बॉस्केट बॉल फूटबॉल हाकी टेबल टेनिस और कबड्डी के अलावा विभिन्न स्पर्धाओं में मेडल दाव पर रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाये हुये हैं और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुयी है आज सबसे अधिक इक्कीस दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा रोहतास जिले के डेहरी में दर्ज की गयी वहीं गया में सात दशमलव तीन और पटना में एक दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इधर सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के बरेजा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का पूर्वी अनुसंधान परिसर का आज बीसवां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार पश्चिम बंगाल असम ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बी पी भट्ट ने कहा कि पशुपालन और डेयरी के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है श्री भट्ट ने कहा कि इसके लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रोडमैप तैयार किया है पुलिस और आम लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के संकल्प के साथ आज से प्रदेश में पुलिस सप्ताह का शुभारंभ हुआ पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि नयी पहल के तहत पुलिस शिक्षा को बढावा देगी उन्होंने कहा कि इसके लिए हर जिले में प्रलिस अधीक्षक एक एक गांव को गोद लेंगे कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम कार्यालय के पास पुलिस ने छापेमारी कर आठ सौ सत्तर ग्राम हेरोइन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लोगों में से दो रेल पुलिस के जवान हैं वहीं वैशाली जिले के लालगंज और गोरौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर छह सौ ग्राम चरस के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है शेखपुरा जिले के मुख्य डाकघर में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ऑटोमेटिक सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का उदघाटन किया गया पश्चिम चंपारण के बेतिया में आज महान स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी की छिहत्तरवीं और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की बासठवीं पुण्यतिथि मनायी गयी